विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पिछले दो वित्तीय वर्षो में चार लाख उनतालीस हजार ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य था इसके विरूद्व तीन लाख से ज्यादा मकान पूर्ण कर लिए गए हैं वहीं केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आगामी वर्ष दो हजार उन्नीस तक छह लाख अठासी हजार आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है लोक सुराज अभियान लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज कबीरधाम और रायगढ़ जिले का दौरा किया डॉक्टर सिंह कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम सिंघारी पहुंचे वहां उन्होंने बोड़ला तरेगांव दलदली सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्य की धीमी गति पर गहन नाराजगी जताई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क निर्माण का कार्य आगामी मानसून के पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए डॉक्टर सिंह ने सिंघारी आदिवासी बालक छात्रावास का भी जायजा लिया और वहां के बच्चों से पढ़ाई सहित अन्य उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने सिंघारी में ही चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत इस वर्ष जून तक प्रदेश के सभी विद्युतविहीन घरों और मजरा टोलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है मुख्यमंत्री आज अभियान के तहत रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड के ग्राम पुसल्दा में आयोजित समाधान शिविर में भी में शामिल हुए उन्होंने शिविर में बारह करोड़ रूपये की लागत से क्ड्मकेला जरकट बड़ेग्मला सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की इसके अलावा क्ड्मकेला में लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की लागत से नल जल योजना और अन्य निर्माण कार्यों की भी स्वीकृति दी इसके बाद मुख्यमंत्री कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर पहुंचे और वहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सूरजपुर और कोरिया जिले की समीक्षा बैठक ली जवान घायल सुकमा जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के चार जवान घायल हो गए इनमें से दो जवानों की स्थिति गंभीर बताई गई है डीआईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के फुग्गामेज्जी इलाके में सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया इस घटना में डीआरजी के चार जवान घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है अजय चंद्राकर मनरेगा प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के माध्यम से बेहतर पर्यावरण के लिए हुए नए प्रयासों और प्रयोगों पर केन्द्रित एकदिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज रायपुर में किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मनरेगा को अब सामाजिक सरोकारों से और अधिक जोड़ने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार देने वाली योजना बनकर नहीं रहनी चाहिए एक व्यापक सोच के साथ मनरेगा के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किए जाने चाहिए मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह बयालीसवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन पर भी यह उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

बढ़ी हुई दरें आगामी एक अप्रैल से प्रभावशील होंगी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों का मासिक मानदेय दस हजार से बढ़ाकर पंद्रह हजार उपाध्यक्षों का छह हजार से बढ़ाकर दस हजार और सदस्यों का चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रूपए किया गया है इसी तरह जनपद पंचायत अध्यक्षों को साढ़े चार हजार के स्थान पर छह हजार जनपद उपाध्यक्षों को ढ़ाई हजार के स्थान चार हजार और जनपद सदस्यों को बारह सौ के स्थान पर पंद्रह सौ रूपये मानदेय मिलेगा दंतेवाड़ा जेल ब्रेक दंतेवाड़ा जिला जेल से आज चार कैदी फरार हो गए जिन्हें बाद में घेराबंदी कर पकड़ लिया गया ये कैदी मजदूरों की आड़ में जेल से बाहर निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे जेल ब्रेक घटना की पुष्टि दंतेवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की है जेल ब्रेक की घटना के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है जेल प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है अर्थ ऑवर अर्थ ऑवर आज रात साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक मनाया जाएगा यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की एक वैश्विक पहल है इसमें विश्वभर के एक सौ अटहत्तर देश भाग लेते हैं इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व एक साथ एक घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने का संकल्प व्यक्त करता है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से आज एक घंटा बिजली बंद करने की अपील की है उन्होंने कहा कि वे भी ऐसा ही करेंगे उन्होंने गिव अप टू गिव बैक और कनेक्ट टू अर्थ पहल पर काम करने पर बल दिया आईटीबीपी स्वास्थ्य शिविर सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के माओवाद प्रभावित राजनांदगांव जिले के छुरिया के ग्राम पंचायत मुख्यालय शिकारीमहका में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में दो सौ महिलाओं को एक हजार सेनेटरी नेपकिन सहित मल्टी विटामिन दवाईयां भी वितरित की गई शिविर में डॉक्टरों ने महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानकारी दी आईटीबीपी के रायपुर स्थित द्वितीय कमान के अधिकारी जावेद अली ने बताया कि आईटीबीपी द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत माओवाद प्रभावित इलाकों में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं विश्व तपेदिक दिवस आज विश्व तपेदिक दिवस है हर वर्ष चौबीस मार्च को यह दिन संक्रमण वाली इस वैश्विक बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने और इसे समाप्त करने के प्रयासों के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है चाहिए तपेदिक मुक्त विश्व के लिए नेता आगजनी कोरबा जिले के स्यांग थाना क्षेत्र में बीती रात एक झोपड़ी में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई महिला को आग से बचाने की कोशिश में परिवार के दो अन्य सदस्य बुरी तरह झूलस गए घायलों को इलाज के लिए कोरबा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं बिलासप्र जिले के सिरगिटटी थाने में आज आगजनी की घटना से वहां रखी सौ से अधिक मोटरसाइकिलें और अन्य गाड़ियां जलकर खाक हो गईं आग लगने की सुचना मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया